राज्य में आज से धार्मिक स्थल स्टेडियम और सार्वजनिक उद्यान खोलने की अनुमति दी गई कठिन क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों के अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए शुरू किए स्पंदन अभियान के तहत आज डीजीपी कांकेर जिले के तरांदुल गांव में स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कैम्प पहुंचे

राज्यपाल बैठक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य के विभिन्न स्थानों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था में सुधार किया जाए साथ ही सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से बचने के लिए ठोस उपाय किए जाए राज्यपाल ने आज राजभवन में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिथिति और उससे बचाव के उपायों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक ली इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि क्वारेंटाइन सेंटर में महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा सुश्री उइके ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ लौटे हैं उन्हें उनके कौशल के आधार पर बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में पहल की जानी चाहिए राज्यपाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित काढ़े का क्वारेंटाइन सेंटर में वितरण किया जाए राज्यपाल ने कहा कि कंटेन्मेंट जोन सहित अन्य क्षेत्रों में पुलिस आम जनता के साथ आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करे इस मौके पर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुख्ता व्यवस्था की जा रही है स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि भविष्य में संक्रमण की बढ़ती आशंकाओं को देखते हुए रायपुर के इंडोर स्टेडियम में एक सौ पचास बिस्तर और सुभाष स्टेडियम में सत्तर बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोविड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं क्वारेंटाइन सेंटर इस बीच राज्य सरकार क्वारेंटाइन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों को घर जैसा माहौल उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है बालोद जिले के क्वारेंटाइन सेंटर में बच्चों के लिए खेल सामग्री का वितरण किया जा रहा है जिससे बच्चों में रचनात्मक और कलात्मक विकास के साथ ही उनका समय उत्साहपूर्वक बीत सके वहीं महिलाओं को गरिमा किट उपलब्ध कराई गई है इस गरिमा किट में महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन और डिस्पोजल पेपर बैग जैसी सामग्री दी गई है इसके अलावा प्रवासी मजदूरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लिए उन्हें आयुर्वेद औषधालय द्वारा प्रतिदिन काढ़ा भी दिया जा रहा है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज समाचार लिखे जाने तक कोरोना संक्रमित ग्यारह नए मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें कांकेर जिले से पांच बेमेतरा और कोरिया जिले से तीन तीन मरीज शामिल हैं वहीं बीती देर रात बीस नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे प्रदेश में फिलहाल आठ सौ चौंतीस मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है अभी अभी खबर मिली है कि राजनांदगांव में जो पांच संक्रमित मिले हैं उनमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान भी शामिल है यह जवान हाल ही में लखनऊ से लौटा था उसे सोमनी के क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था जहां पर जांच के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है इससे पहले भिलाई में पदस्थ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी इस जवान का इलाज भिलाई के कोविड अस्पताल में चल रहा है कोरोना इलाज इस बीच राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि कोरोना के लक्षण वाले लोगों को उनके जिलों में ही इलाज उपलब्ध हो सके इसी कड़ी में कबीरधाम जिले में ऐसे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों जिनमें ऊपरी तौर पर लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके उपचार के लिए दो सौ बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा इसके लिए जिला स्तर पर संचालित कन्या शिक्षा परिसर को कोविड सेंटर में तब्दील किया जाएगा इसी तरह से बालोद जिले में भी अब कोरोना पॉजीटिव पाए गए मरीजों को एम्स रायपुर या राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज नहीं भेजा जाएगा बल्कि उन्हें बालोद के ही कोविड अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा इस अस्पताल में फिलहाल सौ बिस्तर तैयार कर लिए गए हैं वहीं कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों को रखने के लिए टाउनहॉल और महादेव भवन को अधिग्रहित किया जाएगा धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल देश के अनेक राज्यों में अनलॉक वन के तहत बीते करीब ढ़ाई महीने से बदं धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्तरां होटल और कार्यालय आज से फिर खुल गए हैं केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन में प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेष की अनुमति होगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे प्रसाद वितरित करने या पवित्र जल छिड़के जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रन्थों को छूना भी प्रतिबंधित रहेगा साथ ही मास्क लगाने या चेहरा ढंकने और छह फूट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी आज से सारे धार्मिक स्थलों के अलावा गार्डन और स्टेडियम खोले जा रहे हैं दिशा निर्देश के अनुसार स्टेडियम में इंडोर गेम्स नहीं होंगे

इस दौरान भी खिलाड़ियों को निश्चित दूरी बनाकर अभ्यास करना होगा वहीं सुरक्षा के लिहाज से स्वीमिंग पूल जिम ऑडिटोरियम शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स और टॉकीज को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है इस बीच धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिलने पर आज विकास उपाध्याय के साथ इकतीस पंडितों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर शंखनाद और मंत्रोच्वार के साथ श्री बघेल का आभार व्यक्त किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंदिरों में मास्क और सैनिटाईजर के साथ ही निश्चित दूरी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए हाईड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए महासमुंद जिले में इस महामारी से बचाव के लिए तैनात स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर हाईड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन की टैबलेट खिलाना शुरू किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान स्थितियों को देखते हुए विशेषज्ञों की राय के आधार पर इस दवा का उपयोग शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है साथ ही यह दवा उचित देखरेख में आयु वर्ग और शारीरिक क्षमता के अनुसार दी जा रही है विद्युत संशोधन बिल सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार के प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल दो हजार बीस को फिलहाल स्थगित रखने का आग्रह किया है श्री बघेल ने इस संबंध में केंद्रीय विद्युत राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिंह को पत्र लिखा है अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि इस संशोधन बिल में क्रॉस सब्सिडी का प्रावधान किसानों और गरीबों के हित में नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी यदि जारी नहीं रखी गई तो किसानों के सामने फसलों की सिंचाई को लेकर संकट खड़ा हो जाएगा इससे खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा श्री बघेल ने पत्र में कहा है कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों और किसानों को आत्मनिर्भर तथा सक्षम बनाने के लिए उन्हें छूट दिया जाना जरूरी है

गिरफ्तार जवानों में एक सहायक उप निरीक्षक और एक प्रधान आरक्षक शामिल हैं जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था बीते चार जून को सुकमा पुलिस ने धमतरी और गुंडरदेही के एक एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था प्रछताछ के बाद कांकेर से भी दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था स्पंदन अभियान प्रदेश में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आज से स्पंदन अभियान की शुरूआत हो गई है इस अभियान के तहत कांकेर जिले के तरांदुल गांव में तैनात छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के जवानों से मिलने पहुंचे पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा कि स्पंदन अभियान का मूल उद्देश्य छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रत्येक जवान की सुरक्षा है डीजीपी ने कहा कि आपका जीवन बहुमूल्य है इसे बचाकर रखें उन्होंने कहा कि संवाद से सभी समस्याओं का हल संभव है श्री अवस्थी ने कहा कि किसी जवान को गंभीर समस्या या छट्टी की जरूरत है तो कंपनी कमांडर संवेदनशीलता दिखाएं डीजीपी ने इस दौरान शिविर में जवानों के लिए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया साथ ही खेल सामग्री भी वितरित की गौरतलब है कि पुलिस जवानों में अवसाद और तनाव की समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्पंदन नाम से यह अभियान शुरू किया गया है कोंडागांव जिले में भी आज पुलिस अधीक्षक ने स्पंदन अभियान का शुभारंभ किया इस दौरान योग शिविर का आयोजन किया गया टीआई कार्रवाई राजधानी रायपुर के उरला इलाके में राहगीरों से मारपीट करने वाले निरीक्षक को छट्टी पर भेज दिया गया है रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं गौरतलब है कि कल सोशल मीडिया में उरला थाने के निरीक्षक द्वारा राहगीरों से मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर कहा था कि इस तरह की घटना अमानवीय है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता भाजपा व्यक्तिगत संपर्क अभियान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केन्द्र सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल प्ररा होने पर बिलासपुर में व्यक्तिगत संपर्क अभियान की शुरूआत की डॉक्टर सिंह ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के पच्चीस लाख घरों तक पहुंचेंगे इस दौरान वे केन्द्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जनसभा और रैली संभव नहीं है इसलिए भाजपा कार्यकर्ता दो दो की संख्या में लोगों के घरों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री के संदेश को पहुंचा रहे हैं डॉक्टर सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की बात कही इधर दुर्ग में व्यक्तिगत संपर्क अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रत्येक परिवार को केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी साथ ही प्रधानमंत्री का लिखा हुआ पत्र भी देंगे श्री शर्मा ने बताया कि यह जनसंपर्क अभियान एक महीने में पूरा होगा उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसी केंद्रीय नेता द्वारा बड़ी संख्या में प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि बिरसा मुण्डा का अदम्य साहस हम सबके लिए प्रेरणा स्प्रोत है श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार और स्वाभिमान दिलाना ही बिरसा मुण्डा को सच्ची श्रद्वांजलि होगी वहीं मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया श्री बघेल ने कहा कि हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के गौरव थे उन्होंने इस अंचल की कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया शिक्षक भर्ती मांग प्रदेश में शिक्षक भर्ती की सूची जल्द जारी करने की मांग को लेकर धमतरी जिले के व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक और व्यायाम शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा मिली जानकारी के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा व्याख्याता शिक्षक सहायक शिक्षक व्यायाम शिक्षक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के कुल चौदह हजार पांच सौ अस्सी पदों पर परीक्षा ली गई थी लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद केवल परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं वहीं सत्यापन की प्रक्रिया अब भी जारी है वन विभाग अपील प्रदेश के वन विभाग ने केशकाल घाटी सहित अन्य स्थानों पर वन्य प्राणियों को राहगीरों द्वारा खाद्य सामग्री नहीं देने की अपील की है इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षण अतुल शुक्ल ने बताया है कि वन्य प्राणियों को राहगीरों द्वारा खाद्य सामग्री अथवा भोजन देने से वन्य प्राणियों की तबीयत बिगड़ने और उनके हिंसक होने की आशंका बनी रहती है श्री शुक्ल ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में वनोपज की कमी नहीं है और वन्यजीव हर मौसम तथा परिस्थितियों में अपने भोजन की व्यवस्था करने में स्वयं सक्षम होते हैं मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है वहीं क्छ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि एक चक्रीय चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तरप्रदेश और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र अगले अड़तालीस घंटे में पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है इसके असर से मानसून के आगामी दो तीन दिनों में प्रदेश में पहुंचने के आसार हैं इस बीच आज प्रदेश के राजनांदगांव में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई इसी तरह महासमुंद और कोरिया जिले में भी बारिश होने के समाचार हैं इससे इन जिलों के तापमान में कमी आई है वहीं बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरकौल गांव में बीती शाम आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति झुलस गया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगामी दस जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टरों की बैठक लेंगे सुकमा जिले में किस्टाराम इलाके के वेलकनगुड़ा क्षेत्र में माओवादियों ने एक रोड रोलर में आग लगा दी दुर्ग जिले में एक कारोबारी के घर अज्ञात चोरों ने नौ लाख रूपये नगद सहित ग्यारह लाख रूपये की चोरी को अंजाम दिया है इसी जिले की पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके पास से दो दोपहिया वाहन सहित सात मोबाइल फोन जब्त किए हैं राजनांदगांव जिले में लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरगा गांव में पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में छह लोगों को पकड़ा है इनके पास से पुलिस ने सवा चार लाख रूपये सहित चार मोबाइल फोन जब्त किया है